विधानसभा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ शुरू होगा

विपक्ष भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक कमलनाथ सरकार को आज ही सदन में अपना बहुमत साबित करना है लेकिन सदन की आज की कार्यसूची में यह विषय शामिल नहीं है विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की है पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक शिवराज सिंह चौहान ने फिर कहा है कि सरकार अल्पमत में हैं और उसे शक्ति परीक्षण कराना चाहिए इससे पहले विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभषण से पहले सदन में शक्ति परीक्षण कराये जाने की मांग की थी इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अभिभाषण के तुरन्त बाद शक्ति परीक्षण के निर्देश दिये थे यह विषय कार्यसुची में न होने के चलते विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देर शाम राज्यपाल से दोबारा मुलाकात की थी इसके बाद राज्यपाल श्री टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को देर रात राजभवन में बुलाकर उनसे सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन और शक्ति परीक्षण कराये जाने को लेकर चर्चा की इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि वे इस बारे में आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करेंगे इधर बजट सत्र में भाग लेने के लिए भाजपा विधायक देर रात मानेसर से भोपाल लौट आये हैं वहीं जयपुर गये कांग्रेस विधायक कल ही यहां पहॅच चुके हैं

सत्र तैयारी आज से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र के मददेनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं

विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कल सत्र की तैयारियां का जायजा लिया

कल भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई

वहीं एक अप्रैल से कर्मचारियों को इसका नकद भुगतान किया जायेगा

श्री शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने रामू टेकाम और राशिद सुहेल सिद्धिकी को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दी है कोरोना कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में अलर्ट घोषित किया गया है स्वास्थ्य मंत्री तरूण भनोट ने कहा है कि राज्य में कोरोना को लेकर पूरी तरह से सर्तकता बरती जा रही है और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी परामर्श का पालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना से किसी के भी प्रभावित होने का कोई मामला सामने नहीं आया है फिर भी विदेशों से आने वाले सैलानियों और अन्य लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है वहीं कोरोना की तरह के लक्षण वाले मरीजों की जांच के साथ ही उनके ईलाज की विशेष व्यवस्था की गई है उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्ढा ने पार्टी की सभी प्रदेश इकाईयों से कहा है कि वे कोरोना को लेकर जन जागरण अभियान चलाये और पार्टी के सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दें

वहीं कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिये हैं इस दौरान विभिन्न विभागों में आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई भी स्थगित रहेगी

ग्वालियर अंचल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है संभागीय आयुक्त एमबी ओझा ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने अपने जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें उन्होंने आमजनों से भी कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है खंडवा जिले में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए संचार गतिविधियों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इसके रोकथाम के लिए जिले में पूरी तैयारियां की गई हैं

उन्होंने प्रशासन को फसल क्षति का सर्वे करने और किसानों को जल्द मुआवजा दिये जाने के निर्देश दिये हैं

इस कार्य के लिए पर्यवेक्षक बनाये गये शैलेन्द्र कियावद आज कलेक्ट्रेट में बैठक करेंगे